कृषि मंत्री नरेनद्र सिंह तोमर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की

यह बातचीत सौहाद्रपूर्ण वातावरण में हई और इस दौरान कृषि कानूनों से संबंधित विभिन्न म्द्दों पर विस्तार से चर्चा हई बैठक में मंत्रियों ने दोहराया कि कृषि स्धार कानूनों से देश के कृषकों को बहत अधिक लाभ होगा कृषि मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्री तरह कटिबद्व है और कृषि विकास सदैव भारत सरकार की प्राथमिकता है

शिवप्री जिले में कोरोनावायरस के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से श्रू किए गए रोको टोको अभियान में सहकारी संस्थाओं पर कोरोना से सावधानी के लिए शपथ दिलाई गई

प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे

विभिन्न धर्म ग्रंथों का पाठ धर्मग्रूओं द्वारा किया जायेगा दिवंगतों की स्मृति में दो मिनिट की मौन श्रद्वांजलि भी होगी श्रद्वांजलि सभा में कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हए सोशल डिस्टेंसिंग मास्क हैण्ड सेनेटाइजर सहित केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन उपस्थित होने वाले आगंत्कों को स्निश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं

इनमें से तीन गाड़ियां जबलप्र से तथा एक गाड़ी रीवा से श्रू होगी

दूसरी ट्रेन जबलप्र निजाम्द्दीन जबलप्र एमपी संपर्क क्रांति स्पेशल ट्रेन सप्ताह में तीन दिन प्रारंभ की जा रही है

तीसरी ट्रेन जबलप्र यशवंतप्र जबलप्र स्परफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन और चौथी स्पेशल ट्रेन रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर रीवा स्पेशल ट्रेन है

कृषि कानून को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है कि ये बिल किसानों को कोई भी मूल्य गारंटी नहीं देता है न्यूनतम खाद्य मूल्य पर अनाजों की खरीद फरोख्त करने का अधिकार भी भारतीय खादय निगम के पास से खत्म कर दिया जाएगा जबकि सच ये है कि इस समझौते के तहत किसानों को फसल के मूल्य गारंटी की स्विधा होगी और किसी कारण भ्गतान न होने पर इसमें ज्र्माने का भी प्रावधान होगा वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य की संरचना पर इस बिल का कोई असर नहीं पड़ेगा गौशाला छट विदिशा में पंजीकृत गौशालाओं को दी जाने वाली दान राशि पर आयकर से छुट मिलेगी जिले के उपसंचालक पश् चिकित्सा सेवा ने ये जानकारी देते हए बताया कि गौ रक्षा एवं गौ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश शासन ने पंजीकृत गौ पालन एवं पश्धन संवर्धन बोर्ड को दी जाने वाली दान राशि को आयकर में छूट प्रदान की है बर्तन वितरण खण्डवा जिले के खालवा विकासखंड में गरीब आदिवासियों के लिए वन मंत्री कंवर विजय शाह ने भोजन में उपयोग की जाने वाली थालियाँ बांटने की घोषणा की है यह घोषणा श्री शाह ने ग्राम पंचायत रोशनी में आयोजित म्ख्यमंत्री मदद योजना के तहत पंचायतों को सामुदायिक कार्यक्रमों में उपयोग हेत् बर्तन वितरण कार्यक्रम के दौरान कल की वन मंत्री ने कहा कि खालवा विकासखंड के बड़े गाँवों में एक एक हजार औऱ छोटे गाँवों में पांच पांच सौ थालियां प्रदान की जाएगी

क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय म्काबला आज कैनबरा में होगा

आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम कप्तान डेविड वार्नर और गेंदबाज पैट कमिंस के बगैर खेलने उतरेगी क्योंकि दोनों खिलाड़ी पिछले म्काबले में चोटिल हो गये थे